चार जिलों बक्सर नवादा सुपौल और किशनगंज में तीन दिन तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा कोविड उन्नीस महामारी से प्रदेश में एक सौ पन्द्रह लोगों की मौत

कई अत्याध्रनिक हथियार बरामद प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी के बढ़ते संक्रमण के कारण राजधानी पटना सहित राज्य के दस जिलों में आज से पूर्णबंदी लागू कर दी गयी है चार जिलों बक्सर नवादा सुपौल और किशनगंज में तीन दिन तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा खगड़िया में पांच दिन के लिए इस महीने की चौदह तारीख तक पूर्णबंदी के आदेश जारी किए गए हैं पटना मुंगेर मधेपुरा कैमूर और पूर्णिया जिलों में इस महीने की सोलह तारीख तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा राज्य सरकार ने बेगूसराय नालंदा और वैशाली जिलों में कल से छह दिनों के पूर्ण लॉकडाउन के आदेश दिये हैं वहीं जमुई जिले में कल से पांच दिनों का लॉकडाउन लागू रहेगा इसके तहत जमुई शहर और सभी प्रखंड मुख्यालयों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि अररिया जिले में परसों से उन्नीस जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा कोविड महामारी को नियंत्रित करने के क्रम में पूर्णबंदी के दौरान सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे सभी निजी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे राशन दूध सब्जी और मांसाहार की दुकानें सवेरे छह से दस बजे तक और शाम चार बजे से सात बजे तक खुली रहेंगी सभी पूजा स्थलों और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी रहेंगी लॉकडाउन में ऑनलाइन खरीददारी को प्रतिबंधों से छूट दी गयी है सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी लॉकडाउन के दौरान खुली रहेंगी लेकिन निजी वाहन आवश्यक कार्यो के लिए ही प्रयोग किये जा सकेंगे

सभी रेल यात्रियों के लिए चौदह दिन के अनिवार्य क्वारेंटिन के आदेश दिये गये हैं इधर उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी के निजी सचिव और उनके आवास के दो अन्य व्यक्तियों में भी कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं जनता दल यूनाइटेड के दिनेश सिंह भी संक्रमित पाए गए हैं इससे पहले उनकी पत्नी और वैशाली की सांसद वीणा देवी को भी पॉजिटिव पाया गया था इधर जमुई जिले में एक डीएसपी एक थानाध्यक्ष सहित तेईस लोग कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं इसके बाद डीएसपी का कार्यालय तीन दिनों के लिए सील कर दिया गया है केन्द्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने लोगों से लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करने का अनुरोध किया है लॉकडाउन कड़ाई से लागू करने के लिए पटना जिले में सभी प्रमुख चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गयी है अठाईस मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है जिलाधिकारी कुमार रवि ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान फल और सब्जी की दुकानें सुबह छह बजे से दस बजे तक फिर शाम में चार बजे से सात बजे तक खुली रहेंगी वहीं दवा दूध और किराना दुकानों को सुबह छह बजे से रात्रि दस बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है लोग पटना का एसटीडी कोड शून्य छह एक दो लगाकर द्रभाष संख्या दो दो चार नौ नौ छह चार पर किसी भी तरह की परेशानी शिकायत या सूचना दर्ज करा सकते हैं राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को कोविड उन्नीस महामारी के संक्रमण को देखते हुए परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने और लॉकडाउन लागू करने को कहा है मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि स्थिति की गंभीरता और परिस्थितियों को देखते हुए जिलाधिकारियों को आवश्यकता के अनुसार संक्रमण रोकने के लिए कदम उठाने के पूरे अधिकार दिये गये हैं इधर जो लोग बिना मास्क के पाये जा रहे हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है पांच जुलाई से अब तक बिना मास्क के रहने पर अठारह हजार सात सौ सात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है नौ लाख पैंतीस हजार रूपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है इधर पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार नियमों के उल्लंघन के मामले में एक जुलाई से अब तक तिरेसठ सौ वाहनों को जब्त किया गया है जबकि एक करोड़ अस्सी लाख से अधिक जुर्माना वसूला गया है पूर्व मध्य रेलवे ने झारखंड सरकार के आग्रह पर पटना रांची जनशताब्दी स्पेशल ट्रेन का परिचालन तेरह जुलाई से रद्द कर दिया है अब यह ट्रेन पटना से गया तक ही चलेगी वहीं टाटा दानापुर स्पेशल ट्रेन का परिचालन तेरह जुलाई से पूरी तरह रद्द रहेगा कोविड महामारी के प्रसार के चलते यह निर्णय किया गया है प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक सौ पन्द्रह हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान आठ लोगों की मृत्यु की प्रष्टि हुई है वहीं स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि जांच में राज्य के सताईस जिलों से तीन सौ बावन नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर चौदह हजार तीन सौ तीस हो गयी है सबसे अधिक चौरासी मामले भागलपुर और तिहत्तर मामलों की पुष्टि पटना जिले से हुई है वहीं मुजफ्फरपुर से चौतीस पूर्वी चंपारण से इक्कीस सुपौल से उन्नीस और नालंदा से तेरह नये मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि अब तक दस हजार दो सौ इक्यावन लोग स्वस्थ हो चुके हैं श्री सिह ने कहा कि स्वस्थ होने की दर लगभग बहत्तर प्रतिशत हो गयी है कोविड उन्नीस महामारी के संक्रमण का स्तर गंभीर होने के चलते प्रदेश में अठारह हजार सात सौ सतासी कंटेनमेंट जोन घोषित किये गये हैं इन क्षेत्रों को सील कर दिया गया है और आवाजाही पर पूर्णतः रोक लगा दी गयी है जिसके चलते लगभग सत्रह लाख घर प्रभावित है देश भर में कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर सात लाख तिरानवे हजार से अधिक हो गयी है पिछले चौबीस घंटों में देश में कोविड उन्नीस के छब्बीस हजार पांच सौ छह नये मामले सामने आये हैं चिकित्सकों का कहना है कि कोविड उन्नीस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए खांसते छिकते समय एहतियात बरतने की जरूरत है लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने तथा उचित सुरक्षित दूरी के मानकों का पालन करने को कहा है

टिशु पेपर रखे रूमाल रखे कोहनी रखे बचाव करें

जब हम खांसते छिकते हैं तो एक से दो मीटर तक वो जा सकती है तो अगर आप पहले ही एक दो मीटर का फासला बनाकर के रखेंगे तो उनका आपके पास होने का अंदेशा कम हो जाता है जो कांटेक्ट ट्रासमिशन की बात आई फाउमलिटी की तो उसके लिए हम कहते हैं कि आप हाथ साफ करें हाथ अगर आप धोते रहेंगे तो उसमें जो वॉयरस है वो साबुन पानी के द्वारा निकलता रहेगा

कोविड उन्नीस के मद्देनजर पटना विश्वविद्यालय ने जुलाई महीने में आयोजित होने वाली स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है इसका आयोजन इक्कीस जुलाई से होना था प्रदेश में आज कई स्थानों पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गयी मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक एक सौ चालीस मिलीमीटर बारिश पश्चिम चंपारण जिले के त्रिवेणी में रिकॉर्ड की गयी है वहीं पटना जिले के बिक्रम में एक सौ दस सेंटीमीटर वर्षा हुई है पूर्वी चंपारण गोपालगंज बांका और वैशाली जिले में भी मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गयी है मौसम विभाग ने नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों उत्तर और पूर्वी बिहार के कई जिलों में अगले अड़तालीस घंटों के लिए भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है मौसम विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है

सबसे अधिक पांच लोगों की मौत अररिया जिले में जबकि पूर्णियां में दो लोगों की मौत हुई है वहीं बांका और किशनगंज जिले में एक एक व्यक्ति की वज्रपात से जान चली गयी आपदा प्रबंधन विभाग ने नवादा जिले के सदर प्रखंड रोह वारिसलीगंज कतरीसराय नारदीगंज और नालंदा जिले के गिरियक राजगीर काशीचक अस्थावां रहुई और बिंद प्रखंडों में वज्रपात की चेतावनी जारी है वहीं पटना जिले के बेलछी और शेखपुरा जिले के बरबीघा में वज्रपात को लेकर लोगों से सतर्क रहने को कहा गया है आपदा प्रबंधन विभाग ने वज्रपात की आशंका के मद्देनजर लोगों से बारिश के दौरान खुले में नहीं जाने की अपील की है इसके अलावा पानी वाली जगहों पर टेलिफोन या बिजली के खंभों और पेड़ के नीचे बारिश के दौरान लोगों को खड़ा नहीं होना चाहिए इस दौरान मोबाईल फोन का उपयोग करना भी जानलेवा होता है लोगों को बिजली चमकने के दौरान धातु वाले छाते का उपयोग नहीं करना चाहिए विभाग ने अपने परामर्श में कहा है कि बारिश के दौरान लोगों को पक्के घरों में शरण लेने की कोशिश करनी चाहिए इसके अलावा वज्रपात की पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान बताने वाले मोबाइल ऐप इन्द्रवज् डाउनलोड करने से भी बचाव में काफी मदद मिलती है लगातार हो रही बारिश से राज्य की सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है गंगा नदी का जलस्तर बक्सर से लेकर पटना मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न स्थानों पर तेजी से बढ़ रहा है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना के दीघा घाट गांधी घाट और हाथीदह में जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गयी है सीतामढ़ी जिले में बागमती नदी का जलस्तर तीन स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गया है हमारे संवाददाता ने बताया कि ढेंगब्रिज नदी का जलस्तर खतरे के निशान से बयासी सेंटीमीटर ऊपर बना हुआ है वहीं रून्नी सैदपुर के कटौझा में बागमती नदी लाल निशान से सतहत्तर सेंटीमीटर ऊपर है सीतामढ़ी जिले में ही लाल बकेया नदी गोआबाड़ी बैरगनिया में लाल निशान के आसपास बह रही है इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर चला गया है वहीं नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी में निजी नौकाओं पर रोक लगा दी है सभी तटबंधों पर दबाव को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गयी है इधर बेलवा नरकटिया के पास शिवहर और मोतिहारी को जोड़ने वाले सड़क के ऊपर से पानी का बहाव हो रहा है बेलवा नरकटिया गांव और आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया कि महानंदा में उफान के कारण प्राणपुर अमदाबाद और बारसोई प्रखंड के कई गांवों में कटाव तेज हो गया है निचले इलाकों में लगी फसल बाढ़ की पानी में ड्रब गयी है इधर बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि वाल्मीकिनगर गंडक बराज से ढ़ाई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जिसके चलते तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है मध्रबनी जिले में कमला बलान नदी भी उफान पर है जयनगर और झंझारपुर के आसपास नदी का पानी निचले इलाकों में भर गया है इधर कोसी नदी बसुआ और बलतारा में खतरे के निशान के आसपास बह रही है आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अररिया में परमान नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है लेकिन नदी अब भी लाल निशान के आसपास बह रही है पश्चिम चंपारण जिले में लौकरिया थाना क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा से सटे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने चार नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया है मुठभेड़ में स्थानीय पुलिस और एसएसबी के जवान शामिल थे एसएसबी पटना सीमांत मुख्यालय के आईजी संजय कुमार ने बताया कि नक्सलियों के पास से एके सैंतालीस राइफल तीन एसएलआर सहित कई अन्य हथियार बरामद किये गये हैं मुठभेड़ के दौरान एसएसबी के इंस्पेक्टर गोली लगने के कारण घायल हो गये उनका इलाज चल रहा है पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है भागलपुर जिले में बीज वितरण में उदासीनता बरतने के आरोप में आठ किसान सलाहकारों को बर्खास्त कर दिया गया और चार अन्य को निलंबित कर दिया गया है जिला कृषि पदाधिकारी केकेझा ने बताया कि जिले में खरीफ मौसम में विभिन्न योजनाओं में आरंभ किये गए बीज वितरण के काम में घोर लापरवाही बरतने के मामले में सुल्तानगंज प्रखंड के पांच और कहलगांव प्रखंड के तीन किसान सलाहकारों को सेवा से मुक्त कर दिया गया है मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक पर्व मधु श्रावणी आज से शुरू हो गया है इस दौरान नव विवाहिताएं चौदह दिनों तक गौरी विसहरा की पूजा करती है और पति की लंबी आयु के लिए ईश्वर से अराधना करती हैं इस दौरान मिथिलांचल के हर कोने में भगवान शिव के भक्ति गीत और मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गुंजयमान रहते हैं पारम्परिक मान्यता के अनुसार पति पत्नी मध्र श्रावणी के दौरान नाग नागिन और शिव गौरी की पूजा करते हैं इधर नागपंचमी का त्यौहार भी पूरे प्रदेश में श्रद्धा के साथ मनाया गया

चार जिलों बक्सर नवादा सुपौल और किशनगंज में तीन दिन तक पूर्ण लॅाकडाउन रहेगा कोविड उन्नीस महामारी से प्रदेश में एक सौ पन्द्रह लोगों की मौत

कई अत्याधुनिक हथियार बरामद